श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण दूसरे और एक टीके का परीक्षण तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान कार्य में भी सहयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए वैक्सीन और औषधि का निर्माण और उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए

लगभग पिछले एक हफ्ते से राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है

जयप्र जोधपुर और बीकानेर में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं

इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपूर ने अपने समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता के संदेश विशेष श्रृंखला शुरू की है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

दोनों पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूचियां जल्द जारी किए जाने की संभावना है भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए कोर कमेटी की बैठक हई दूसरी ओर कांग्रेस में भी प्रत्याशियों को लेकर दिनभर मंथन चलता रहा

इस निर्णय से अधिक संख्या में पात्र वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा प्रस्ताव के अनुसार अब उन पत्रकारों को भी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र या संस्था से वेतन पेंशन या नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है

पाली में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई

आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं